शरदोत्सव पौड़ी सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि सीता माता सर्किट पौड़ी के विकास में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है पौड़ी में आयोजित शरदोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि सीता माता सर्किट के विकास से दुनिया का हर वो व्यक्ति जिसकी भगवान राम और माता सीता में आस्था है फलस्वाड़ी गांव में जरूर आना चाहेगा जहां सीताजी ने भू समाधि ली थी

मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए जल्द ही यात्रा की जाएगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पौड़ी शरदोत्सव को और बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने और स्वच्छता को अपनाने का आहवान किया मुख्यमंत्री ने कहा कि पौड़ी तभी पर्यटन नगरी बनेगी जब यहां स्वच्छता रहेगी इसमें सभी का सहयोग जरूरी है

मुख्य सचिव ने सिंचाई यूपीसीएल और सम्बन्धित विभागों से गेल को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित समय में जारी करने के निर्देश दिये उन्होंने गेल के अधिकारियों को देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों से समन्वय करने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना में अण्डरग्राउण्ड डक्ट भी बनाई जानी है योजना में प्रथम चरण में गेल द्वारा चार स्थानों में गैस वितरण केन्द्र बनाये जाने हैं जिनमें डोईवाला हर्रावाला ट्रांसपोर्ट नगर और हरिद्वार बाईपास में स्थल का चयन किया गया है मुख्य सचिव ने बैठक में कई अन्य प्रोजेक्ट को स्वीकृति देने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये जिससे रोजगार बढ़े बैठक चमोली चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला योजना राज्य सेक्टर केन्द्र पोषित वाह्य सहायतित और बीससूत्री योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को समय पर पूरा करने को कहा है जिलाधिकारी ने जिला योजना के तहत विभिन्न विकास योजनाओं की वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा की उन्होंने कहा कि चालू विकास योजनाओं को प्राथमिकता पर रखते हुए गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करना सुनिश्चित करें ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि किसी भी विभाग की कोई भी योजना जो अपरिहार्य कारणों से इस वित्तीय वर्ष में पूरी नहीं हो सकती है उस योजना के बदले दूसरी योजना प्रस्तावित करना सुनिश्चित करें जिलाधिकारी ने बीस सूत्री योजनाओं के तहत सभी विभागों को समय से लक्ष्य पूरा करते हुए जिले को ए श्रेणी में रखने को कहा

प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारियों और सुपरवाइजरों को पोर्टल पर लाभार्थियों के फार्म भरने में आ रही दिक्कतों और समस्याओं को दूर करने की जानकारी दी जा रही है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के ऐप में लाभाथियों का विस्तृत विवरण अपलोड करने के दौरान आंगनबाड़ी और सुपरवाइजर को कुछ परेशानी हो रही थी इस कारण धनराशि ऑनलाइन स्थानांतरित करने में विलम्ब हो रहा था जिसको दूर करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया ट्रेनिंग ले रहे कर्मचारियों का कहना है कि प्रशिक्षण से उनका काम आसान होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मातु वंदना योजना के अंतर्गत जच्या बच्चा स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट शर्तों की पूर्ति पर गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के खाते में सीधे पांच हजार की नकद राशि प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान की जाती है बीएसएनएल टावर बंद बागेश्वर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बीएसएनएल के टॉवरों की बिजली काटे जाने पर विद्युत विभाग को टॉवरों की लाईट जोड़ने के सांथ ही बीएसएनएल विभाग को बिलों का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं

बीएसएनएल सेवा शहर से लेकर गांव तक लोगों को संचार सुविधा से जोड़े हुए है गौरतलब है कि पहाड़ों में अधिकांश स्थानों पर बीएसएनएल की ही कनेक्टिविटी है जिससे दुर्गम क्षेत्रों की घटनाओं का पता नहीं लग पा रहा है वहीं कई सरकारी और निजी कार्यालयो में काम काज भी प्रभावित हो गया है

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री ने कल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आगामी महाकुम्भ मेले से सम्बन्धित व्यवस्थाओं पर चर्चा की मुख्यमंत्री ने अखाड़ा परिषद से कुम्भ मेले के भव्य आयोजन के लिये अपने सुझावों से अवगत कराने की अपेक्षा की साथ ही कहा कि इस सम्बन्ध में दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में सभी संत महात्माओं के साथ भी बैठक आयोजित की जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भव्य आयोजन में प्रधानमंत्री के साथ ही केन्द्रीय गृह मंत्री और अन्य मंत्रियों को आमंत्रित किया जायेगा इसके साथ ही सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को प्रवासी भारतीयों को भी इसमें सहभागी बनाने के प्रयास किये जायेंगे मुख्यमंत्री ने अखाड़ा परिषद से कांवड़ मेले में आवश्यक व्यवस्था बनाने और गोमुख जैसे पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में कांवड़ियों के अधिक संख्या में आवाजाही को सीमित करने में सहयोगी बनने को कहा

स्नान के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक बंदोबस्त किये हैं और पूरी तरह से मुस्तैद है

कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं एसएसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को मेले को सक्शल संपन्न कराने के निर्देश दिये हैं

इसके अलावा अलग अलग जगह बनाये गए पार्किंग स्थलों पर ही वाहनों को रोका जाएगा

उन्होंने कहा कि गुरू नानक देव का जीवन और उनके सिद्धान्त हमें उदारता अपनाने और अहंकार से दूर रहने की सीख देते हैं नैनी झील नैनी झील के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए इसरो के वैज्ञानिकों का एक दल नैनी झील का तकनीकि तौर पर अध्ययन कर रहा हैं इसके तहत वैज्ञानिकों द्वारा सोनार सिस्टम के माध्यम से नैनी झील की गहराई का लगातार जीपीएस मानचित्रण किया गया सर्वे में वैज्ञानिकों ने झील में मौजूद विघटित ठोस अपशिष्ट और पीएच मान का अध्ययन किया इसके साथ ही झील के पानी की गुणवत्ता अवसादन और सूचकांक का भी अध्ययन वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है इस कार्यक्रम के अंतगत जिलाधिकारी सविन बंसल ने वैज्ञानिकों के साथ नैनी झील में हो रहे तकनीकि कार्यों का मुआयना किया उन्होंने कहा कि मैपिंग होने से यह जानकारी रहेगी की झील में कितना मलबा समा रहा है उसी के हिसाब से तकनीकी कार्रवाई की जायेगी जिलाधिकारी ने कहा कि नैनी झील को रिचार्ज करने वाले नालों की सफाई के साथ ही जाली लगाने का काम किया गया है उन्होंने बताया कि नैनी झील के जल को रिचार्ज करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई गई है

इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं